नगालैंड के खिलाफ कल होगा पहला मुकाबला पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले की जांच के लिए नई टीम का गठन नहीं करने पर सीबीआई को कड़ी फटकार लगायी है

गौरतलब है कि उनतीस अगस्त को न्यायालय ने सीबीआई को मामले की जांच के लिए नई टीम के गठन का निर्देश दिया था इधर आज इस मामले की मीडिया रिर्पोटिंग पर लगी रोक हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई होगी मुजफ्फरपुर के चर्चित नवरूणा हत्याकांड में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी आज की सुनवाई के दौरान सीबीआई अपना पक्ष रखेगी सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी से पूछा है कि आखिर इस हत्याकांड की जांच समय सीमा में क्यों नहीं पूरी हो सकी जमालपुर रेलवे स्टेशन पर रूट रिले इंटरलॉकिंग काम के कारण बीस से उनतीस सितम्बर तक कोई भी ट्रेन जमालपुर नहीं जायेगी पूर्व रेलवे की डीआरएम तनु चन्द्रा ने बताया कि इस दौरान पांच जोड़ी ट्रेने रद्द रहेंगी सत्रह जोड़ी ट्रेनों का परिचालन मुंगेर कटिहार बरौनी किऊल आसनसोल बड़हड़वा और पटना के रास्ते किया जायेगा वहीं सात जोड़ी ट्रेनों को शार्ट टर्मिनेटेड किया गया है जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उसमें भागलपुर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस भागलपुर मुजफ्फरपुर इंटरसिटी मालदा पटना एक्सप्रेस हावड़ा गया एक्सप्रेस और जमालपुर सहरसा फास्ट पैसेंजर ट्रेने शामिल हैं केन्द्रीय कृषि मंत्रालय आज से दिल्ली में शुरू होने वाले दो दिवसीय रबी सम्मेलन में दलहन और तिलहन की उत्पादकता बढ़ाने को लेकर सभी राज्यों के साथ विचार विमर्श करेगा इस सम्मेलन में राज्यों के कृषि मंत्री और कृषि सचिव भाग लेंगे मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रबी फसलों की बुआई शुरू होने से पहले तैयारियों को पूरी करने को लेकर चर्चा होगी साथ ही सम्मेलन में सभी राज्यों की ओर से खाद बीज कीटनाशक और अन्य जरूरी वस्तुओं का ब्यौरा रखा जायेगा उच्चतम न्यायालय ने तीन दवाओं सेरीडॉन पिरिटॉन और डार्ट पर केंद्र सरकार की ओर से लगे प्रतिबंध पर रोक लगा दी है फिलहाल इन दवाओं की बिक्री की जा सकेगी न्यायालय ने यह आदेश दवा निर्माताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया साथ ही न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है ये तीनों दवाएं तीन सौ अट्ठाईस दवाओं की उस सूची में शामिल हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने पिछले दिनों प्रतिबंधित कर दिया था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार में ग्यारह लाख छिहत्तर हजार छह सौ सत्रह आवासों के लक्ष्य के विरूद्व अब तक मात्र छियासी हजार आवासों का निर्माण प्ररा किया जा सका है ग्रामीण विकास मंत्रालय को मिली रिपोर्ट के अनुसार राज्य ने अब तक दस प्रतिशत लक्ष्य भी नहीं हासिल किया है आवास निर्माण के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है यहां तिहत्तर प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया जा चुका है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत पिछले बाईस दिनों के भीतर बीस लाख से अधिक लोग जुड़े हैं इसके साथ ही इस योजना के खाताधारकों की संख्या बढ़कर बत्तीस करोड़ इकसठ लाख हो गयी है वित्त मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार योजना के तहत ओवर ड्राफ्ट की सीमा दस हजार रूपये करने के बाद लोगों ने खाता खुलवाने में अधिक रूचि दिखलायी है राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने विश्वविद्यालयों से बीएड कॉलेज निरीक्षण की रिपोर्ट मांगी है सत्ताईस सितम्बर को राजभवन में कुलपतियों की होने वाली बैठक के लिए तेईस बिंदुओं पर रिपोर्ट तलब की गयी है तेज ध्रप तथा वातावरण में नमी बढ़ने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है पारा सितम्बर महीने में अधिकतम स्तर पर पहुंच गया है पटना का अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री ऊपर है इधर मौसम विभाग ने कहा है कि मध्य भारत और बंगाल की खाड़ी में ऊपरी हवा का चक्रवात बनने की संभावना है जिससे बीस सितम्बर के बाद दक्षिणी और पश्चिमी इलाको में बारिश हो सकती है अभी मॉनसून ट्रफ हिमालय की तराई में सक्रिय है जिस कारण नेपाल से सटे प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश हो रही है विजय हजारे ट्राफी में बिहार की क्रिकेट टीम सत्रह सालों के बाद शामिल हो रही है गुजरात के आनंद में आयोजित प्रतियोगिता में बिहार का मुकाबला कल नगालैंड से होगा टीम के कोच सुब्रत मुखर्जी ने बताया कि सभी खिलाड़ी मुकाबले के लिए उत्साहित हैं और नेट पर जमकर अभ्यास कर रहे हैं जमुई जिले में सात निश्चय योजना में सैंतालीस लाख रूपये गबन का मामला प्रकाश में आया है यह मामला झाझा प्रखंड के कानन पंचायत का है जिलाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ने अपने आदेश में तीन दिनों के भीतर राशि वसूल करने का निर्देश देते हुए कहा है कि निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं होने की स्थिति में आरोपियों के खिलाफ नीलाम पत्र वाद की कार्रवाई की जायेगी बेगूसराय के हर्रखा मुहल्ला स्थित केनरा बैंक की शाखा से रूपये की हेराफेरी करने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार लोगों पर आरोप है कि वे दूसरों के नाम से खाता खुलवा कर साइबर ठगी को अंजाम देते थे प्रदेश के चौवालीस नगर निकायों में कचरे से जैविक खाद बनायी जायेगी नगर विकास विभाग ने इसके लिए डीपीआर तैयार कर लिया है इन नगर निकायों में से बीस गंगा के किनारे बसे हैं विभागीय सूत्रों ने बताया कि इसके लिए हर घर में गीला और सूखा कचरा अलग अलग जमा करने के लिए कूड़ेदान उपलब्ध कराये जायेंगे सुपौल जिले के सदर थाने में पदस्थापित सिपाही की शराब पीते हुये वीडियो वायरल होने के मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने बताया कि सदर थाने में पदस्थापित सिपाही सोनू कुमार की शराब पीते हुये एक वीडियो वायरल हो गई थी जिसके बाद यह कार्रवाई की गयी पूर्वी चंपारण जिले की एक अदालत ने चिरैया प्रखंड के तत्कालीन नाजिर को सरकारी राशि गबन के मामले में तीन वर्ष कारावास के साथ छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है

नगालैंड के खिलाफ कल होगा पहला मुकाबला